यह लक्ष्य वैश्विक स्तर पर निर्धारित समय सीमा से पांच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया जाएगा इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली तपेदिक उन्यूलन शिखर सम्मेलन का उदघाटन किया

उन्होंने कहा कि तपेदिक की रोकथाम के प्रयासों की सफलता के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि देश से टीबी को खत्म करने में राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने मिशन में शामिल होने के लिये सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिससे सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत विश्व से तपेदिक समाप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है

न्यायाधीश रमेश जोशी ने एक हजार पेज के फैसले में इस प्रकरण में सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों को आधारहीन माना है

सीबीआई ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की

नये शुल्क से लगभग पच्चीस करोड़ खाताधारकों को फायदा पहुंचेगा और इसे अगले महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है श्रीमती राजे ने श्री बच्चन के बीमार होने की जानकारी मिलते ही जोधपुरजिला प्रशासन के अधिकारियों को उनकी उचित देखमाल करने और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए श्री बच्चन की कल देर रात शूटिंग के बाद अचानक तबियत खराब हो गयी थी आज मुम्बई से आए चिकित्सकों के दल ने उनकी जांच की और उन्हें आराम करने की सलाह दी है गौरतलब है कि अमिताम बच्चन एक फिल्म की शूटिंग के लिए इन दिनों जोधपुर आए हुए हैं

इन्हें किवाद को शांत करते हुए कहा है कि छात्र छात्राएं स्वैच्छिक ड्रेस पहनने के लिए स्वतंत्र है श्रीमती राजे नेआज एक ट्वीट में कहा कि कई छात्राए कॉलेज शिक्षानिदेशालय के ड्रैस कोड से सहमत नहीं है इसके चलते अब कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनना स्वैच्छिक किया जाता है

बैंक ने आज बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाको के लिए मोबाइल एटीएम सुविधा शुरू की बाड़मेर जिला कलेक्टर ने एटीएम कार्ड से पैसा निकालकर इसका शुभारंभ किया ये वैन आगामी सात दिन तक जिले के ग्रामीण इलाकों में जाकर बैंकिंग सुविधाए उपलब्ध कराएगी

हमारे करौली संवाददाता ने बतायाकि मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुंचने लगे हैं जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं